महंगाई केन्द्र सरकार ने कहा है कि महंगाई को नियंत्रण में रखने के साथ ही अर्थव्यवस्था के बुनियादी कारक पर्याप्त मजबूत और प्रभावी हैं अंतर्राष्ट्रीय केडिट रेटिंग संस्थान मूडी द्वारा रेटिंग घटाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए एक सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि देश में निकट और मध्यम अवधि में आर्थिक वृद्धि की संभावना के आसार मजबूत हैं गौरतलब है कि इस केडिट रेटिंग संस्था ने आर्थिक हालात के बारे में भारत की रेटिंग स्थिर से बदलकर नकारात्मक कर दी है जबकि संस्था ने विदेशी मुद्रा और स्थानीय मुद्रा की रेटिंग में कोई परिवर्तन नहीं किया है भारत विश्व में तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में बना हआ है और अन्य कारको से प्रभावित नहीं है

महाराष्ट्र सीएम महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया

पत्रकारों से चर्चा के दौरान श्री फडणवीस ने महाराष्ट्र की जनता के प्रति आभार जताया अभी तक राज्य में नई सरकार के गठन को लेकर भाजपा और उसकी सहयोगी शिवसेना में सहमति नहीं बन पाई है

मुख्य न्यायाधीश अयोध्या रामजन्म भूमि बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में आज उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने फैसले से पहले उत्तरप्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की आधिकारिक जानकारी के अनुसार बैठक के बाद दोनों वर्गो से शान्ति बनाये रखने की संयुक्त अपील की गई और अदालत के फैसले का सम्मान करने की बात कही गई बैठक के दौरान राज्य के मुख्य सचिव पुलिस महा निदेशक भी उपस्थित थे इस मामले में अगले सप्ताह फैसला आने की उम्मीद है अयोध्या शान्ति व्यवस्था राज्य सरकार ने अयोध्या मामले में उच्चतम न्यायालय के संभावित फैसले को देखते हए अधिकारियों को राज्य में शान्ति व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं आज मुख्य सचिव आर एस मोहन्ती ने राज्य में कानून व्यवस्था को स्थिति की वीडिया कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा की इस दौरान श्री मोहन्ती ने संभागायुक्तों और कलेक्टरों को हरहाल में कानून व्यवस्था बनाये रखने के निर्देश दिये

हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं

इसर्क अलावा आप हमारी वेबसाइट न्यूज ऑन ए आ ई आर डॉट एन आई सी डॉट आई एन पर अथवा ए आई आर न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं

हिंदू कैलेंडर के अनुसार कार्तिक माह का ग्यारहवां दिन हरि प्रबोधिनी एकादशी के रूप में मनाया जाता है

आज से ही हिंदू विवाह और अन्य मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं राजधानी भोपाल में भी इस मौके पर श्रद्वाल विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चन कर रहे हैं आगरमालवा जिले में लोगो द्वारा मंदिरों और घरों में तुलसी और शालिग्राम के विवाह के आयोजन किये जा रहे हैं उमरिया में भी देव प्रबोधिनी एकादशी पूरी निष्ठा के साथ मनाई जा रही है हमारे संवाददाता ने बताया कि इस मौके पर सुबह से लोगों का मंदिरों में आना शुरू हो गया था खंडवा जिले के ओंकारेश्वर में आज तड़के पांच दिवसीय पंचकोशी यात्रा आयोजित की गई सीहोर रायसेन विदिशा श्योपुर सहित प्रदेशभर से देव उठनी एकादशी मनाये जाने के समाचार प्राप्त हुए हैं

इनमें एथलेटिक्स तैराकी टेबल टेनिस हॉकी फुटबाल कबड्डी खो खो हैण्डबॉल बॉस्केट बॉल बॉलीबाल और ताइक्वांडो शामिल हैं

अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की कार्यकारिणी बोर्ड की आज स्विटजरलैंड के लुसाने में हई बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया

भारत के अलावा तीन अन्य देशों ने भी इस प्रतियोगिता के लिये अपनी दावेदारी पेश की थी

राजधानी भोपाल में आज सुबह चमकदार ध्रप खिली लेकिन शाम होते होते बादल छा गये और ब्रंदाबांदी हुई ग्वालियर होशंगाबाद और सागर संभाग में भी दिनभर बादल छाये रहे और छट पूट बारिश हुई मौसम विभाग ने बताया कि अरबसागर में बने चकवातों के प्रभाव से प्रदेश के मौसम में उतार चढ़ाव जारी है

इधर प्रदेश में सर्दी का असर भी धीरे धीरे बढ़ रहा है

इस मौके पर एक प्रदर्शनी भी लगाई जायेगी